शुक्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है इससे एक दिन पहले कल नरेन्द्र मोदी दुसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ब्रहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे सभी विम्सटेक देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के कल होने वाले शपथग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि कर दी है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि बंगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अद्दुल हामिद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना म्यामां के राष्ट्रपति ऊ विन मिंत नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोते लोरिंग और थाईलैंड के विशेष दूत प्रिसादा बुनराच ने समारोह में शामिल होने की पृष्टि की है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द क्मार जगनॉथ और किर्गिज्तान के राष्ट्रपति सूरेनबो जिनवेकोर्फ ने भी समारोह में भाग लेने की पृष्टि कर दी है रवीश क्मार ने बताया कि भारत नई दिल्ली में इस समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य अतिथियों की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में कल शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को शपथग्रहण समारोह का आमंत्रण भेजा गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नये सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा के दो हजार अट्ठारह बैच और भूटान के राजनयिक प्रशिक्ष अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया वित्तमंत्री अरूण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें नई सरकार में शामिल न किया जाए उन्होंने कहा कि पिछली एनडीए सरकार और पार्टी संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी अपने पत्र में जेटली ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए समय की आवश्यकता है उच्चतम न्यायालय वस्तु और सेवाकर जीएसटी से बचने वाले लोगों की गिरफ्तारी से सम्बद्व अधिकारों की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की अवकाश पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर जी एस टी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है वर्ष दो हजार तेरह के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में सभी बारह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है मुजफ्फरनगर के अपर जिला और संत्र न्यायधीश संजीव तिवारी ने कल यह फैसला सुनाया विशेष जांच दल ने डकैती और लूटपाट से संबंधित दो धाराओं के तहत तेरह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पृण्यतिथि पर आज देश भर में श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है किसान नेता के रूप में मशह्र चौधरी चरण सिंह का निधन उन्नीस सौ सत्तासी में हुआ था वे भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और आजादी के बाद की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हाल में बनाई गई संस्था लोकपाल के लोगो और मोटो तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है प्रतियोगी तेरह जून तक प्रविष्टियां भेज सकते हैं इसके लिए पच्चीस हजार रूपये का पुरस्कार रखा गया है वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस धनोवा ने आज सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा के पास यह पद था बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित बारह लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग बीमार हो गये हैं पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीन कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि रामनगर इलाके के रानीगंज गांव में स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान से इन लोगों ने शराब खरीद कर पी थी लेकिन घर पहंचते पहंचते इन लोगों की तबियत बिगड़ गई स्थानीय लोगों ने इन सबको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित बारह लोगों ने दम तोड़ दिया शराब पीने से बीमार हुए कई अन्य लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया हैं और कुछ लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रामा सेंटर रिफ़र कर दिया गया है घटना की गंभीरता के मद्देनज़र रामनगर के क्षेत्राधिकारी कोतवाल ज़िला आबकारी अधिकारी आबकारी इंस्पेक्टर सहित आठ आबकारी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है